श्री सिंह ने राज्यों में डीएनए जांच स्विधा की भी श्रूआत की

श्री प्रसाद ने कहा कि जवाबदेश सरकार वही हा जिस पर गरीब भरोसा करे

जम्म् कश्मीर के प्लवामा में आतंकियों के साथ म्ठभेड़ में रविवार रात को शहीद हये ग्रेनेडियर हरि सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया शहीद का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सममान के साथ किया गया पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाज़ी की बीच उनके दस माह के बेटे ने पार्थिव देह को मुख्यागनि दी साबल चौक से शहीद के गांव राजगढ़ तक शहीद की निकाली गई अंतिम यात्रा में लोगों ने बड़ी सख्या में भाग और केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्र जीत सिंह व हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने शहीद को श्रद्वाजंलि अर्पित किये हमारे सवाददता प्रीतम सिहं ने बताया कि अंतिम दर्शन करने के लिये गांव साबन आसरा का माजरा भ्रष्टामप्र मड़गी धारण धारण की थाणी नरसिंहप्र गढ़ी बालावास जाट टाकड़ी मोहनप्र खंडोडा व बिगाना गांव के सक्कड़ों लोग सड़केां पर जाम हो गये थे शहीद के प्रांक गांव राजगढ़ व आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों में स्थित निजी स्कूलों के संचालकों ने स्कूल में छ्टटी रखी और इन स्क्ल विद्यार्थी भी शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल हये शहीद को श्रद्वास्मन अर्पित करने पहंचे केन्द्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शहीद हरि सिंह की शहादत को भ्लाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेना को ख्ली छूट दे दी हप्कि जक्सा सेना चाहे वक्सा करे

उन्होंने कहा कि समूचा ऑपरेशन पाकिस्तान से उसकी सेना तथा ख्फिया एजेंसी आईएसआई द्वारा नियंत्रित था

श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सब्बी ने बतौर म्ख्य अतिथि शिरकत की

उन्होंने कहा कि ग्रू रविदास ने लोगों को जीवन की राह दिखाई और समाज को एक नई दिशा प्रदान की जिला जेल सोनीपत में भी ग्रू रविदास जयंती मनाई गई जेल अधीक्षक सतविन्द्र कुमार द्वारा गुरू रविदास जयंती के उपलक्ष्य में विधिवत रूप से रिबन काट कर भंडारे का उदघाटन् किया सर्वप्रथम संत शिरोमणि ग्रू रविदास की प्रतिमा पर प्ष्प व मालार्पणकिया गया इसी तरह पंचायत भवन फतेहाबाद में ग्रू रविदास जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी गुरू रविदास जयंती पर श्भकामनायें दी एक टिवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि संत रविदास दवारा समरसता एकता तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर बल गया कीमती तथा अमिट संदेश लोगों को हमेशा प्रेरित रहेगा भिवानी में संत रविदास जी की जयंती पर परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में शिरकत की इस मौके पर उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर भ्रमिका निभाने वोल प्रब्द्व नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया उन्होंने कहाक कि पिछड़ समाज के लोगों के लिये हरियाणा में प्रधानमंत्री के आहवान पर श्रू की गई डा भीम राव अम्बेडकर योजना के तहत तीन लाख परिवारों को मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता देने के लिये चिन्हित किया गया है उधर अम्बाला के पंचायत भवन में भी जंयती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया जिसमें उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ विशेष तौर पर उपस्थित रही

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्ट आफ लिविंग फाउडेंशन की नशा की मुक्ति भारत मुहिम में हिस्सा लिया